्म मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास जयपुर में नए आरओबी का लोकार्पण

प्रार्थना के बाद अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है

कला संस्कृति विभाग राजस्थान संस्कृत अकादमी और राजस्थान सिन्धी अकादमी की ओर से महात्मा गांधी के दर्शन की प्रासंगिकता पर एक अक्टूबर को राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित की जाएगी कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि गांधीजी के सत्याग्रह सर्वोदय सवधर्म समभाव पर होने वाली इस वेबिनार का उद्घाटन मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत करेंगे

वहीं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इस निबंध प्रतियोगिता का विष्जय है वर्तमान काल में गांधी जी के सिद्धान्तों की प्रासंगिकता

उन्होंने बताया कि ब्यूरो की ओर से इसके अलावा गांधी जी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी इसके साथ ही गांधी जी के बारे में लोगों को उनके विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए विशेष वीडियो टैम्प्लेट तैयार किया जा रहा है

कोविड महामारी को देखते हुए मतदान को लेकर विशेष इंतजाम किये गये

मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिये जाएंगे कल उपसरपंच का चुनाव होगा उदयपुर जिले में सायरा पंचायत समिति की दो पंचायतों में सरपंचों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है राजसमंद जिले की रोहिडा ग्राम पंचायत में वॉर्ड पंच सहित पूरी ग्राम पंचायत निर्विरोध चुनी गई है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन सुधारों का आश्वासन कांग्रेस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था इधर जयपुर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने नए कृषि कानूनों को वापस लिये जाने तथा संशोधन को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा

शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह फैसले को रिकॉर्ड पर लाए और पक्षकारों को स्थगित किश्तों पर चुनौती देने के संबंध में हलफनामा दे

ये पीपीई किट जयपुर अजमेर और उदयपुर में वितरित किये जाएंगे चिकित्सा मंत्री ने इस सहयोग के लिए तीनों संस्थानों का आभार जताया उन्होंने आह्वान किया कि संकट के इस दौर में अन्य निजी संस्थान भी आगे आएं

इस मौके पर डॉक्टर गर्ग ने कहा कि पहले किसानों को फसल बेचते समय गड़बड़ी की आशंका रहती थी अब उन्हें गुणवत्ता के आधार पर फसल का पूरा मूल्य मिल सकेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लडाई में उनके योगदान का उल्लेख किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि वे साहस और देशभक्ति के साक्षात उदाहरण थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भगत सिंह को महान देशभक्त बताते हए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही

इस बार जैसलमेर ऐसा जिला रहा जहां असामान्य बारिश दर्ज की गई

इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वे अभ्यर्थी जो पूर्व में हई पात्रता जांच तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे थे उन्हें आगामी पांच अक्टूबर से नौ अक्टूबर तक अपने रोल नम्बर के अनुसार निश्चित की गई तारीख पर पात्रता की जांच के लिए उपस्थित होने को कहा गया है सरकार ने कहा है कि इस बार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का नाम पूरी तरह अनन्तिम सूची से निरस्त कर दिया जाएगा

नमस्कार